कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि कुछ स्वार्थी तत्व यह अफवाह फैलाने का कुत्सित प्रयास कर रहे कि निजी प्रयोगशालाएं कोविड जांच नही कर रहीं जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है

केन्द्र सरकार ने कोविड टीकाकरण की नीति को अधिक उदार बनाने और तीसरे चरण की घोषणा की ह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक के दौरान यह फैसला किया गया

तीसरे चरण में वैक्सीन निर्माता प्रत्येक माह पचास प्रतिशत टीकों की आपूर्ति केन्द सरकार को करेंगे और बाकी पचास प्रतिशत राज्यों के साथ साथ खले बाजार में आपूर्ति के लिए स्वतंत्र होंगे बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार अपने प्रयास के प्रति यह सुनिश्चित कर रही है कि कम से कम समय में अधिकतम लोगों का कोरोना बीमारी के खिलाफ टीकाकरण किया जा सके उन्होंने कहा कि भारत में काफी तीव्र गति से टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है और इस गति से और भी बढ़ाया जायेगा संक्रमण की स्थिति और वैक्सीन लगाय जाने की गति के आधार पर केन्द्र सरकार अपने हिस्से से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को टीका मुहैया करायेगी ये सभी टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जिसमें निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने वर्चुअल मीटिंग के जरिये प्रदेश के सभी महापौर व नगर आयुक्तों को कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के कंटेनमेंट जोन से लेकर हर वार्ड में सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग अभियान चलाने अंत्यष्टि स्थल की व्यवस्था दुरुस्त करने पेय जल के संकट को दूर करने और वर्षा ऋतु से पहले नालों की साफ सफाई के लिए दिशा निर्देश दिए

श्री टंडन ने कहा कि प्रदेश में सभी निगरानी समितियां होम आइसोलेशन के लोगों की देखरेख करने के लिए सक्रिय हो जाएं वर्चुअल बैठक में सचिव नगर विकास विभाग अनिल कुमार अनुराग यादव और विशेष सचिव नगर विकास विभाग संजय यादव एवं इंद्रमणि त्रिपाठी व प्रदेश के सभी महापौर व नगर आयुक्त वर्चुअल कांफ्रेंस में जुड़े रहे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

प्रदेश सरकार ने मौजूदा कोरोना कर्फ्यू को एक दिन और बढाने का फैसला किया है

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न कोविड के पांच सौ से अधिक मामलों वाले जिलों में रात का कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक लागू करने के आदेश दिए हैं इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी मुख्यमंत्री ने उन श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं जो महाराष्ट्र राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से लौट रहे हैं उन्होंने गृह और परिवहन विभाग से इस दिशा में आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है तथा इसके साथ ही इन राज्यों से लौटने वाले संदिग्ध लोगों की उचित जांच करने को भी कहा है श्री योगी ने जोर देकर कहा है कि सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है

कामगारों की वेतन संबंधी शिकायतों के समाधान और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव अपूर्व चन्द्र ने कहा कि यह सुविधा पिछले वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे सुलझाने के लिए इसे अब फिर शुरू किया गया है मंत्रालय ने बताया कि संकट में फंसे मजदूर ई मेल मोबाइल और व्हॉटसेप के माध्यम से नियंत्रण कक्ष में संपर्क कर सकते हैं मुख्य श्रम आयुक्त दनिक आधार पर सभी बीस नियंत्रण कक्षों की निगरानी कर रहे हैं

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारी और तैनात प्रेक्षकों की संस्तुति के आधार पर यह फैसला लिया गया है

प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी के पावन पर्व पर श्रभकामनाएं दी है राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम पम सदभाव और लोक कल्याण के प्रतीक थे हमें उनके आदर्शो को अपने जीवन में उतारते हुए लोक कल्याण की भावना से कार्य करना चाहिये वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि आदि शक्ति माँ भगवती की शक्ति और मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम की मर्यादा हम सबको अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों से जोड़ने में एक नई शक्ति प्रदान करेगी राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने ही कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेशवासियों से घर पर रह कर ही रामनवमी पर्व मनाने की अपील की है